ओडिशा में कई दशकों का यह सबसे भीषण तूफान है इस चक्रवात से भारी विनाश हआ है हजारों पेड़ और बिजली के खम्मे उखड़ गए हैं और कच्चे मकान नष्ट हो गए हैं पुरी और आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी ठप्प हो गया है पूर्वी तटवर्ती रेल मार्ग पर देस और रेलगाड़ियां आज रद्द कर दी गई है

इनमें से अधिकतर ट्रेने मध्यप्रदेश से होकर गुजरती हैं

इस चरण में प्रदेश की टीकमगढ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतुल सीटों पर छह मई को मतदान होगा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने रीवा में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा उन्होंने कहा कि हमारी न्याय योजना न केवल आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करेगी बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए भी मददगार साबित होगी श्री गांधी ने कहा कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी

श्री गांधी ने देश के चुनिन्दा लोगों को बड़े कर्ज देने के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की उधर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब से थोड़ी देर बाद बैतूल जिले के मुलताई में एक सभा को संबोधित करेंगे श्री गडकरी आज आठनेर में भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री उमा भारती आज शाम भोपाल में भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाक्र के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ का होशंगाबाद ससंदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार शैलेन्द्र दीवान के पक्ष में रायसेन जिले के बरेली में जनसभा का कार्यक्रम है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे है

कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी

विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यकम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुन सकते हैं बैतुल मुरैना और भिंड लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुददों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा मतदान लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरुक ेकिया जा रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में दिव्यांग मतदाता भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं

भवानी के मतदान करने की फोटो ऑल इण्डिया रेडियो न्यूज के फेसबुक और ट्वीटर पेज पर शेयर की गई थी इस फोटो को अब तक हजारों लोग लाइक शेयर और रिट्वीट कर चुके हैं और इस एक फोटो ने भवानी को वोटिंग आइकॉन बना दिया है

छात्रा भवानी यादव से पूरी बातचीत आप हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में छह मई को रात आठ बजे से सुन सकते हैं